साठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

और चक्रवाती प्रभाव के कारण प्रदेश के कई इलाको में तेज बारिश

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि साठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सबसे अधिक लगभग तिरेसठ प्रतिशत मतदान सुपौल में दर्ज किया गया वहीं अररिया में बासठ प्रतिशत मधेपुरा में उनसठ प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है खगड़िया में लगभग उनसठ प्रतिशत और झंझारपुर में लगभग संतावन प्रतिशत वोट डाले गये श्री सिंह ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इन पांचों सीटों पर मतदान में लगभग एक प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है खगड़िया संसदीय क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सिमरी बख्तियारपुर अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो गयी शेष अन्य मतदान केन्द्रों पर शाम के छह बजे तक मतदान हुआ हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदान को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया

मतदान के दौरान पटना स्थित चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष को कुल छिहत्तर शिकायतें प्राप्त हुई अररिया में पलासी के मतदान केन्द्र संख्या उन्यासी अस्सी में कई लोगों ने बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर मतदान नहीं किया वहीं कुछ पोलिंग ब्रथों पर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा जिसमें तीन महिला समेत कई लोग घायल हो गये हंगामे के बाद कुछ देर तक मतदान बाधित हो गया वहीं झंझारपुर में ब्रथ संख्या एक सौ अंठानवें पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान कुछ देर तक बाधित रहा तीसरे चरण में पांच महिला उम्मीदवारों समेत बयासी प्रत्याशियों की चूनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी इस चरण में जिन दिग्गजों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी उसमें राजद के चूनाव चिन्ह पर लड़ रहे लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव कांग्रेस की रंजीत रंजन जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समाजवादी जनता दल से पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और जदयू के दिनेश चंद्र यादव प्रमुख हैं इन दिग्गजों के अलावा सन ऑफ मल्लाह के नाम से लोकप्रिय विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जदयू के दिलेश्वर कामत लोजपा के महबूब अली कैसर भाजपा के प्रदीप सिंह राजद के सरफराज आलम जदयू के रामप्रीत मंडल और राजद के गुलाब यादव का चुनावी भाग्य भी ईवीएम में बंद हो गया

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि आज जिन पांच संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उन सभी पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी इधर महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राजद ने भी सभी पांच सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है भाजपा ने डेहरी विधान सभा उपचूनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है पार्टी ने पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है डेहरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में सातवें और अंतिम चरण में काराकाट संसदीय क्षेत्र के साथ उन्नीस मई को मतदान होगा चौथे से लेकर सातवें चरण के लिए चूनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक एक दिन में कई कई सभाएं कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के सिंघिया घाट में भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार में विकास योजनाओं को समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाया है वहीं सीतामढी जिले के परिहार प्रखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने परिहार में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने दावा किया कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लहर चल रही है वहीं दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मनीगाछी में राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिददीकी के समर्थन में चूनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि केन्द्र की एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानामंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से किये गये वायदे को पूरा नहीं किया है श्री यादव ने समस्तीपूर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार के पक्ष में भी चुनावी प्रचार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में फतुहा के फतेहपुर और दौलतपुर गांव में कई कार्यक्रमों में भाग लिया इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया और एनडीए को वोट देने की अपील की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल प्रदेश में बेगूसराय मुंगेर और समस्तीपुर के सरायरंजन में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे लोकसभा चूनाव के छठे चरण के लिए नामांकन का कार्य आज संपन्न हो गया कुल एक सौ चौहत्तर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये इस चरण में आठ लोकसभा सीटों वाल्मिकीनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में बारह मई को मतदान होना है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी वहीं छब्बीस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बागी गुट को अलग राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी है नई पार्टी का नाम राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी है विधायक ललन पासवान सुधांशु शेखर और सांसद रामकुमार शर्मा इस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं आयोग ने नई पार्टी को चुनाव चिन्ह गन्ना किसान भी आवंटित कर दिया है चक्रवाती प्रभाव के कारण प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है सीतामढ़ी और अररिया में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है पटना अरवल पूर्वी चंपारण भोजपुर और आस पास के क्षेत्रों में ब्रंदाबांदी के कारण मौसम सुहावना रहा इधर मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान मुंगेर बांका औरंगाबाद भागलपुर और गया में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जतायी है कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गयी है महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती आज विजय दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

साठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

और चक्रवाती प्रभाव के कारण प्रदेश के कई इलाको में तेज बारिश